प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है अंग्रेजी दैनिक से साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के श्रूआती दौर में सम्यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ रही है और उपचाराधीन लोगों की संख्या कम हो रही है

उन्होंने कहा कि वायरस अब भी देश में मौजूद है इस स्थिति से निपटने के लिए क्षमताओं को बढाने लोगों को और अधिक जागरूक करने तथा अधिक सुविधाएं देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी हर व्यक्ति को इसका टीका लगाया जायेगा और कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान पीएम कल्याण पैकेज अनाज का मुफ्त वितरण और श्रमिक विशेष रेलगाडियों जैसे सरकार के विभिन्न उपायों का भी जिक्र किया उन्होने कहा कि आठ महीने तक अस्सी करोड लोगों को निशुल्क अनाज और दालों के वितरण की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से सुधार कर रही है और हाल के सुधार विश्व के लिए संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि हाल में सरकार के श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को लगातार गति देने के लिए समी उपाय करेगी

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा अपने लक्ष्यों को पूरा किया है श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता और गांवों तक बिजली पहंचाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया आठ करोड उज्जवला कनेक्शन भी नियत समय से पहले दिए गए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कल पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पहले देशभर में एथेनॉल का एक ही दाम हुआ करता था लेकिन अब इसके अलग अलग दाम होंगे श्री जावडेकर ने कहा कि चीनी से बने एथेनॉल के नए दाम बासठ रूपये पैंसठ पैसे प्रति लीटर होंगे बी श्रेणी के शीरे से बने एथेनॉल की कीमत सत्तावन रूपये इकसठ पैसे और सी श्रेणी के शीरे से बने एथेनॉल के दाम पैंतालिस रूपये उनहतर पैसे प्रति लीटर तय किए गये हैं इस कीमत के अलावा एथेनॉल पर जीएसटी और परिवहन शुल्क का भी भुगतान करना होगा मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरो के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को मी मंजूरी दी है श्री जावड़ेकर ने कहा कि अनाज की शत प्रतिशत पैकेजिंग जूट के बोरों में करनी होगी जबकि चीनी के मामले में बीस प्रतिशत को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा जूट पैकेजिंग में भी भारत आत्मनिर्मर बनेगा पिछले कुछ सालों से जूट के उत्पादन पर उल्टा परिणाम हुआ था

ये भी एक निर्णय किसान और मजदूर के लिए और आत्मनिर्मर भारत के लिए महत्वपूर्ण है श्री जावडेकर ने कहा कि चीनी को विमिन्न प्रकार के जूट के बोरों में पैक करने के फैसले से पटसन उद्योग को बढावा मिलेगा शुरूआत में जूट के बोरों के लिए दस प्रतिशत की बोली जेम पोर्टल के जरिये लगाई जा सकेगी राष्ट्र इकत्तीस अक्टूबर को लौह पुरूष सरदार वल्लमभाई पटेल की एक सौ पँतालिसवीं जयंती मनाएगा सरदार वल्लम भाई पटेल की जयन्ती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जायेगी लौह पुरूष के रूप में मशहूर सरदार पटेल ने वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी बहजन समाज पार्टी प्रमुख सुश्री मायावती ने सात विधायकों को कल पार्टी से निलम्बित कर दिया इन विधायकों पर पार्टी से बगावत करने का आरोप है

संवाददाताओं से बातचीत में बसपा प्रमुख सुश्री मायावती ने समाजवादी पार्टी पर इन विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में बसपा समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को हराने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी और भाजपा या अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को अपना वोट देना पड़े तो देगी प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए कल से राज्य में विशेष समूहों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कोविड जांच अभियान शुरू किया है इसका उद्देश्य कोविड के फैलाव को रोकना है यह अभियान राज्य में अगले सोलह दिन तक जारी रहेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार लोगों से निरन्तर अपील कर रही है कि वे सुरक्षित दूरी बनाये रखें और कोविड संबंधी नियमों का अनुपालन करें प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और ठीक होने की दर में बढ़ोत्तरी हो रही है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार नौ सौ उन्यासी नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान दो हजार चार सौ पैंसठ कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक हो गये प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर तिरान्नबे दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना के नमूनों की लगातार जांच की जा रही है और अब तक एक करोड़ पैंतालिस लाख उन्हत्तर हजार दो सौ बयालिस नमूनों की जांच की गई है

ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में संक्रमण के सक्रिय मामले कुल मामलों का सात दशमलव पांच एक प्रतिशत रह गये हैं इस समय देश में संक्रमण के छह लाख तीन हजार सक्रिय मामले हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का कल सुबह निधन हो गया वे बान्नबे वर्ष के थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि वे केशुभाई पटेल के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुःखी हैं श्री मोदी ने कहा कि केश्माई अप्रतिम नेता थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए चिन्ता की तथा उनका जीवन ग्जरात की प्रगति तथा हर ग्जरातवासी को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने भी केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है प्रदेश भर में कोविड नाइन्टीन के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ हजरत मोहम्मद साहेब का जन्म दिन ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जा रहा है श्रद्वालु आज विशेष इबादत कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हजरत मोहम्मद साहेब के जन्म दिन मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं श्री कोविंद ने कहा है कि मोहम्मद साहेब ने प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया और विश्व को इंसानियत का रास्ता दिखाया उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा कि मिलाद उन नबी परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ मिलकर इबादत करने का मौका है श्री नायडू ने कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए लोगों से मिलाद उन नबी को सादगी से मनाने और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित सावधानियों का कड़ाई से पालन करने को कहा है